केन्द्रीय मंत्रिमंडल तीन तलाक केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में एक अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है सूचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने कहा कि लोक सभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अटल विकास यात्रा के तहत आज कोरबा बलरामपुर रामानुजगंज और सूरजपुर जिले का दौरा किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण शिलान्यास और भूमिपूजन किया कोरबा जिले के मदनपुर गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को अपना मूलमंत्र बनाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों की निःशुल्क शिक्षा महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक स्वालंबन के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है जिनका लाभ लेकर महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है डॉक्टर सिंह ने कहा कि हाथियों से प्रभावित इस क्षेत्र में सभी कच्चे मकान पक्के बनाए जाएंगे डॉक्टर सिंह ने कहा कि खनिज संसाधनों से समृद्ध कोरबा जिले का छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगभग एक सौ नौ करोड़ रूपए के चौव्वन विकास कार्यो का लोकार्पण शिलान्यास और भूमिपूजन किया उन्होंने दस हजार से अधिक हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सामाग्री और सहायता राशि वितरित की मुख्यमंत्री अटल विकास यात्रा के दूसरे पड़ाव में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पहंचे यहां आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग दो सौ चौदह करोड़ रूपए की लागत के छियालीस विभिन्न कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया साथ ही जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों को एक सौ चालीस करोड़ रूपए के बोनस वितरण का श्भारंभ किया वहीं यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज शाम सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में आयोजित सभा में डॉक्टर सिंह ने जिलेवासियों को करोड़ों रूपए के विकास कार्यों की सौगातें दीं

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के चरचा में एक प्रेसवार्ता के दौरान की डॉक्टर सिंह अटल विकास यात्रा के तहत चरचा पहुंचे थे मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और यहां सभी राजनीतिक दलों के लोगों का भी सम्मान है उन्होंने कहा कि मंत्री के घर कचरा फेंकने के साथ साथ कांग्रेस भवन में घटी घटना की मजिस्ट्रिल जांच के आदेश दे दिए गए हैं जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी

इस बीच बिलासपुर कलेक्टर पी दयानंद ने अपर जिला दंडाधिकारी भगवान सिंह उइके को जांच अधिकारी नियुक्त किया है जांच के लिए सात बिंद तय किए गए हैं श्री उइके को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट सौपने को कहा गया है उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने की मांग की है गौरतलब है कि कल बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल के घर के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री के घर पर कथित रूप से कचरा फेंके जाने के बाद पुलिस द्वारा कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने का आरोप है इधर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आज प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकताओं ने ब्रढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया

नई भर्ती निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने नये भर्ती नियम के अनुरूप शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों सहायक प्राध्यापकों और खेल अधिकारियों के पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव बनाकर लोक सेवा आयोग को भेजने और विज्ञापन जारी करवाने को कहा है प्रदेश में अट्ठारह सौ पैंसठ पदों पर भर्ती की जाएगी जिनमें प्राध्यापकों के पांच सौ सहायक प्राध्यापकों के तेरह सौ और खेल अधिकारियों के पैंसठ पद शामिल हैं श्री पांडेय ने कल विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ प्राध्यापक से स्नातक प्राचार्यो के एक सौ चालीस पदों के लिए पदोन्नति का प्रस्ताव भी लोक सेवा आयोग को एक सप्ताह के भीतर भेजा जाए उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सातवें वेतनमान का औपचारिक आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने के भी निर्देश दिए

इस योजना से एक ओर जहां पैसों की बचत हो रही है

बैठक में महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन ने विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी देने के अलावा सांसदों से सुझाव भी लिए बैठक में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात रखी तथा सुझाव दिए रायपुर सांसद रमेश बैस ने विभिन्न यात्री गाड़ियों के ठहराव और फेरों में वृद्धि के सुझाव दिए वहीं बस्तर के सांसद दिनेश कश्यप ने रायपुर से हरिद्वार के लिए सीधी गाड़ी शुरू करने की बात कही बैठक में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन ने कहा कि रायपुर स्टेशन पर एक और नया फूट ओवर ब्रिज बनाने की योजना है उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सर्वोधिक आय अर्जित करने वाला जोन है मुख्य सचिव समीक्षा बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज राजधानी रायपुर में रेल लाईन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की इस मौके पर उन्होंने कांकेर जिले के रावघाट परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर कांकेर कोंडागांव नारायणपुर रायगढ़ कोरबा और बिलासपुर जिले के कलेक्टर तथा वन अधिकारियों से चर्चा की और रेल परियोजनाओं के प्रगति की जानकारी ली आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पायलट प्रोजेक्ट लागू होने की तीसरे दिन अट्ठारह सितंबर को ही उपचार के लिए दावों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है तीन दिनों में ही लगभग सात सौ पच्चीस दावें आ गए हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए गरीबी रेखा सर्वे सूची में हितग्राही का नाम होने पर पांच लाख रूपए तक कैशलेस उपचार करा सकते हैं